प्रवक्ता ने कहा कि भारत एक जिम्मेदार देश है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने एक दिवसीय दौरे पर आगामी बारह नवम्बर को वाराणसी आ रहे हैं

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी भी मौजूद रहेंगे

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से उत्तर प्रदेश में युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ बिजनौर जिले में किसानों की आमदनी को बढ़ाने के उद्देश्य से उद्यान विभाग ने सेब की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए समुचित योजना बनाई है

इसी क्रम में जिले में सेव की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यान विभाग किसानों को हिमाचल प्रदेश के सेवों के पौधे उपलब्ध करा रहा है

सहारनपुर जिले में दो अलग अलग द्र्घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गयी तथा एक अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गया